इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में सूक्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए सहयोग और संपर्क कार्यक्रम की युरूआत की इस क्षेत्र की मदद के लिए कई उपायों की घोषणा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक करोड़ रूपये तक के ऋण केवल उन्सठ मिनट में मंजूर कर दिए जायेंगे

यानी अब जितनी देर में आप सुबह घर से आफिस पहुंवते हैं या शाम को जितने समय आप अपना बही खाता मिलाने में समय लगाते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवाकर के लिए पंजीकृत प्रत्येक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को नये ऋण या एक करोड़ रूपये तक के अतिरिक्त ऋण लेने पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान पर निर्यात के पहले और बाद में ब्याज में छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी है निर्यातकों को प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट की अवधि में जो लोन मिलता है

मुझे उम्मीद है कि इस कदम से एमएसएमई के एक्पोर्टरों का हिस्सा और बढ़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों और ऐतिहासिक निर्णयों की वजह से आज देश में कारोबार करना अत्यंत सुगम हो गया है इस अवसर पर अपने भाषण में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि देश में करीब साढ़े छह करोड़ सूक्ष लघु और मच्यम औद्योगिक इकाईयां हैं जो ग्यारह करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षो में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा इतिहास में पहली बार ये देश दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला विश्व का देश बन गया है सरकार आई थी तो हम दुनिया की नौंची सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे आज हम छठें नम्बर पर पहुंच गए लगता है अगले वर्ष पांचवे होंगे और यह सब मानते हैं दुनिया के विशेषज्ञ की आने वाले कुछ वर्षों में जो विश्व की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साइज की होंगी

विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योग किम ने कारोबार सुगमता में भारत की रैंकिंग में एतिहासिक सुधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुभकामनाए दी है श्री मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में विश्व बैंक अध्यक्ष ने कहा कि सवा अरब वाले देश का चार साल की अत्य अवधि में पैंसठ पायदान की छलांग लगाना एक शानदार उपलब्धि है श्री किम ने यह भी कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनकी अट्रट क्चनबद्वता से ही प्राप्त हो पाई है उन्होंने इसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि भी बताया है श्री किम ने प्रधानमंत्री को हाल में मिले चौम्पियंस ऑफ दि अर्थ और सोल शांति पुरस्कार जैसे सम्मानों का भी जिक्र करते हुए उन्हें बधाई दी प्रघानमंत्री ने कारोबार करने को आसान बनाने के भारत के प्रयासों को लगातार सहयोग मिलने पर विश्व बैंक अव्यक्ष के प्रति आमार व्यक्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर प्रांगण स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्याजंलि अर्पित की यह मूर्ति देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लम भाई पटेल की है जिसका लोकार्पण बीते इक्कतीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था विश्व की सबसे ऊँची इस मूर्ति की ऊँचाई एक सौ बयासी मीटर है भ्रमण के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी श्री योगी के साथ मौजूद रहे राज्यपाल राम नाईक ने छात्रों से अपने ज्ञान का देश के निर्माण में सही उपयोग करने की अपील की श्री नाईक कल वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है इस भाषा में उपलब्ध पुस्तकों का देश के सामाजिक और नैतिक आधार को मजबूत करने में बड़ा योगदान है इस अवसर पर उन्होंने चौबीस हजार छह सौ से अधिक छात्रों को उपाधि और पदक वितरित किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में एमएसएमई सपोर्ट एण्ड आउटरीच कार्यक्रम में आये लोगों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुक्ष्म लघू और मध्यम उद्योगों की उन्तीस प्रतिशत भागीदारी है और इन उद्योगो को बढ़ावा देने से रोजगार के अक्सर बढ़ेंगे तथा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उन्होंने कहा कि देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है कि विश्व की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत ने तेईस अंक की छलांग लगाई है उन्होंने बैंकों से कहा कि वह जरूरतमंद उद्यमियों को कर्ज देने में कोताही न करे लखनऊ में एक अन्य कार्यक्रम में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बच्चों को ज्ञान देने के साथ उन्हें अच्छे संस्कार देना भी बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि समाज के लिए वहीं ज्ञान उपयोगी होता है जो संस्कारों से युक्त होता है गृहमंत्री ने कहा कि आज भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बल्कि खेल महाशक्ति बनने की ओर भी अग्रसर है आगामी दीपावली तथा अन्य त्यौहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को कानून व्यवस्था तथा सफाई के चाक चौबंद प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी त्यौहार महत्वपूर्ण है और लोग उन्हें पूरी आस्था तथा हर्षोत्लास के साथ मनाते हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में चुस्त दुरूस्त शांति व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ कर्मचारियों को समय से वेतन देने और लामार्थियों को राशन समय से वितरित करवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में निर्वाघरूप से विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति भी सुनिश्चित कर ली जाये

उन्होंने कहा कि भाजपा का एजेंडा विकास है और विकास रहेगा श्री शर्मा कल आगरा में पार्टी संगठन की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने अपरायों पर नियंत्रण किया है और किसानों की आय दोगुना करने में भी सफलता पाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं अपराय नियंत्रण के साथ रौक्षिक माहौल भी सुधरा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बारह हजार चार सौ साठ सहायक अध्यापकों का चयन रद्द कर दिया है न्यायालय ने पाया कि चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम उन्नीस सौ इक्यासी का उल्लंघन हुआ है सहायक अध्यापकों का चयन इक्कीस दिसम्बर दो हजार सोलह को जारी विज्ञापन के आधार पर किया गया था न्यायालय ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया नये सिरे से शुरू करने और इसे तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया राज्य सरकार ने मोटे अनाज के तहत मक्का खरीदने का निर्णय लिया है और खरीफ विपणन वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में एक लाख मीट्रिक टन मक्का खरीदने का लक्ष्य है मक्का खरीद के लिए सौ क्रय केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है प्रदेश में खांडसारी इकाइयों का अपने उत्पादित शीरे को प्रदेश से बाहर भेजने के लिए अनापति प्रमाण लेना होगा यह कदम शीरे की तस्करी रोकने और उस पर प्रमावी नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाया गया है इसके अन्तर्गत शीरा नियंत्रक और आबकारी आयुक्त द्वारा ऑन लाइन पोर्टल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा